बोगीबिल पुल राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी कल धेमाजी जिले के कारेंग चापोरी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे चार दशमलव नौ किलोमीटर लंबा यह डबलडेकर पुल भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल है प्रधानमंत्री ने पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी तिनसुकिया नारलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच रेलयात्रा में पहले से दस घंटे कम लगेंगे श्री मोदी ने कहा कि यह पुल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उदाहरण है और सामरिक दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में एनडीए सरकार कुशल प्रशासन के लक्ष्य पर आगे बढ़ी है और यह पुल इसी लक्ष्य का एक हिस्सा है उन्होंने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं को तेजी से पुरा कर रही है पिछले साठ सत्तर वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर केवल तीन पुल बनाए गए थे जबकि एन डी ए सरकार के साढ़े चार वर्ष के दौरान तीन और पुल बन चुके है और अन्य पांच का कार्य प्रगति पर है उन्होंने कहा कि विकास की इस गति से पूर्वोत्तर का कायाकल्प होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरुप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाप्ह होगा उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे है सितंबर में उच्च्तम न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता बरकार रखी थी लेनिक कहा था कि आधार संख्या बैंक खातों मोबाइल कनेक्शन या स्कूल में एडमिशन के लिए अनिवार्य नहीं है न्यायालय ने कहा था कि आयकर रिटर्न भरने पैन कार्ड और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना रहेगा केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने को कोई प्रस्ताव नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ऎसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी खबरों और अनुमानों को विराम दिया जाना चाहिए इससे पहले मीडिया में ऎसी खबरें आई थी कि केन्द्र सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की ऊपरी आयु सीमा चरणबद्ध तरीके से दो हजार बाईस से तेईस तक सत्ताईस वर्ष कर सकता है इस समय सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बत्तीस वर्ष है जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा सैतीस वर्ष है बिजली मंत्रालय ने एक अप्रैल दो हजार उन्नीस में तीन साल में सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड बनाने का फैसला किया है एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से सकल तकनीकि और वाणिज्यिक घाटे में कमी बिजली वितरण कम्पनियों के बेहतर सवास्थ्य ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन बिल भुगतान में आसानी और कागज के बिलों को दूर करके बिजली के क्षेत्र में क्रांति लाने की संभावना है मुख्यमंत्री युवा विकास फ्लेगशिप कार्यक्रम जिला स्तर हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी के तहत लोवर सियांग जिला स्थिति दायिंग इरिंग फुटबॉल स्टेडियम में महिला एवं प्रुष वर्ग के लिए आयोजित फुटबॉल एवं वालीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक केमतो रिना ने युवाओं से इस तरह के खेलों में बड़चड़ कर हिस्सा लेने और बुरी आदतों दूर रहने पर जोर दिया उन्होंने यूवाओं से खेल कोटा के तहत दी जा रही विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने को कहा राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के रिसर्च स्कोलर सालोमी जुगली को थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बैस्ट प्रेजेनटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ट्रेडिशनल नॉलेज अन एन्टोमोफागी एमंग आदी एण्ड आपातानी ट्राईव ऑफ अरुणाचल प्रदेश विषय पर लेखन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है